राज्यपाल भोपाल में और मुख्यमंत्री इंदौर में करेंगे ध्वजारोहण

मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजप्थ पर आयोजित किया जा रहा है जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द परेड की सलामी लेंगे

प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह भोपाल के लालपरेड मैदान में होगा यहां राज्यपाल लालजी टण्डन सुबह नौ बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झण्डावंदन करेंगे वहीं सरकार के विभिन्न मंत्री अपने प्रमार वाले जिलों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे शाम को राजमवन में स्वागत समारोह होगा समारोह में राज्यपाल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जायेगा गणतंत्र दिवस पर राजमवन दिन भर आम लोगों के लिए खुला रहेगा

राष्ट्रपति गणतंत्र गणतंत्र दिवस की पूर्व संघ्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और प्रतिपक्ष दोनो की भूमिका महत्वपूर्ण होती है राजनैतिक विचारधारा की अमिव्यक्ति के साथ साथ देश के समग्र विकास और समी देशवासियों के कल्याण के लिए दोनो को मिलजुलकर कार्य करना चाहिये

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नान्डीस सुषमा स्वराज अरूण जेटली और पेजावर मठ के महंत विश्वेषतीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत पदम विष्णण से सम्मानित किया जाएगा कला के क्षेत्र में प्रदेश के डाक्टर पुरुषोत्तम दक्षीचि को पदमश्री से सम्मानित किया जायेगा इसके अलावा मोपाल में गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले अब्दुल जब्बार को मरणोपरान्त पदमश्री के लिए चुना गया है राज्य से डाक्टर लीला जोशी को चिकित्सा और नेमीनाथ जैन को व्यापार और उद्योग क्षेत्र से पदमश्री प्रदान किया जायेगा प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदम पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बघाई दी है सीएमद्वार प्रदाय सेवा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की प्रगति के लिए तंत्र और गण की सोच और नजरिये में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने कल इंदौर में चौबीस घण्टे में पांच सेवाओं के लिए द्वार प्रदाय सेवा योजना का लोकार्पण करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि प्रदेश की तुलना देश के अग्रणी राज्यों से हो न कि पिछड़े और छोटे राज्यों से विश्व आर्थिक मंच की स्विटजरलैण्ड के दावोस में आयोजित बैठक में भाग लेकर लौटे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान बदलना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है द्वार प्रदाय सेवा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने इसके प्रथम हितप्राहियों से बातचीत की इस सेवा में प्रदेश के नागरिकों को आय प्रमाण पत्र मूल निवास जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और खसरा खतौनी की नकल चौबीस घंटे के भीतर उनके घर पर उपलब्ध होगी

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की शवी कड़ी होगी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

स्वतंत्रता दिवस पर अलंकरण समारोह में ये पदक प्रदान किये जायेंगे

नरसिंहपुर में क्विनसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति विद्यार्थियों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे

राज्यपाल भोपाल में और मुख्यमंत्री इंदौर में करेंगे ध्वजारोहण